ये वास्तव में भारतवासियों की बड़ी उपलब्धि है और देश की सामूहिक संकल्पशक्ति का ही परिणाम है प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी काफी कम है श्री मोदी ने देशवासियों की सेवाशक्ति की बात करते हुए कहा कि हमारे डॉक्टर्स नर्सिंग स्टॉफ सफाईकर्मी पुलिसकर्मी मीडिया के साथी और संस्थाए समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं उन सभी का मैं अभिनन्दन करता हूँ व्रमेन सेल्फ हेल्प ग्रूप के परिश्रम के बारे में उन्होंने कहा कि देश के सभी इलाकों से माताए और बहने रोजाना हजारों की संख्या में मास्क बनाकर सहयोग कर रही है

उन्होंने आयुर्वेद और योग पर जोर देते हुए कहा कि सही मायने में योग कम्यूनिटी इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है और कोरोना संकट के समय ज्यादा अहम है प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के लिए कहा कि गरीबों का मुफ्त ईलाज हुआ है जिससे उनके पैसे बचे है देश के एक करोड से ज्यादा मरीजों का इस योजना के तहत ईलाज किया गया उन्होंने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी चिकित्साकर्मियों को इसके लिए बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में टिड्डी दलों के हमले से फसलों को काफी नुकसान हुआ है

देश में गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाके कल से चरणबद्व तरीके से खोले जाएंगे

जिसकी सख्ती से पालना होगी

दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा सलाह मश्विरे के बाद इन्हे इस साल जुलाई महीने में इन्हें फिर से खोलने का निर्णय लिया जाएगा नये दिशा निर्देशों के अनुसार देशभर में केवल कुछ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा इनमें अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा मेट्रो रेल का परिचालन सिनेमा हॉल जिम तरणताल मनोरंजन पार्क रंगमंच बार और सभागार तथा अन्य इसी तरह के स्थल शामिल हैं